ब्ज़र्ग बच्चे बीमार और संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने वाले स्वास्थ्यकर्मियों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी

डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल अपने साप्ताहिक संबोधन रविवार संवाद में कोविड महामारी से निपटने के प्रयासों के बारे में जानकारी दी उन्होंने बताया कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को टीके के लिए प्राथमिकता वाले वर्गों की सुची इस महीने के अंत तक देने को कहा गया है स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सरकार ने देश में टीके की उपलब्धता की समय सीमा का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत उच्चस्तरीय समितियां बनाई गई हैं इस समय टीके के परीक्षण का तीसरा चरण चल रहा है

कल स्वस्थ होने वाले रोगियों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से तिरानबे लोंगडिंग से छब्बीस पाफ्मपारे और लोअर सुबनसिरी से नौ नौ चांगलांग पाक्के केसांग ईस्ट सियांग और वेस्ट सियांग जिले से सात सात अपर सुबनसिरी जिले से छह लोअर दिबांग वैली और लोअर सियांग जिले से पांच पांच वेस्ट कामेंग से चार सियांग और ईस्ट सियांग से दो दो नामसाई और अपर सियांग जिले के एक एक व्यक्ति शामिल है राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार राज्य में रविवार तक कोविड के कुल दस हजार पांच सौ अड़तालीस मामले दर्ज किए गए जिसमें से दो हजार नौ सौ बावन सक्रिय मामले है सात हजार पांच सौ अट्टहत्तर रोगी स्वस्थ हो च्के है और अट्ठारह लोगों की मौत हो च्की है

इस कार्यशाला का उद्देश्य स्थानीय य्वाओं को राज्य प्रशासनिक सेवाओं में सफलता के लिए विशेषज्ञों के महत्वपूर्ण स्झाव का अवसर प्रदान करना और उन्हें प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है वमेन केयर फाउंडेशन के प्रतिनिधि ने बताया कि जिले में बहुत से ऐसे प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं है जो समय पर मार्गदर्शन न मिलने के कारण प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाते हैं उन्होंने कहा कि संस्थान का उद्देश्य य्वा शक्ति को सकारात्मक कार्यों में योगदान के लिए प्रोत्साहित करना है

मृतक जवान बिरेदर सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के रहने वाले थे जबकि घायल हवलदार नरेंद्र भट्ट का असम के मिलिट्री हॉस्फिटल दिनजान में इलाज चल रहा है प्लिस अधीक्षक मिहिन गांबो के अन्सार किसी भी उग्रवादी समूह ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है उन्होंने कहा कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है

भारत संचार निगम लिमिटेड बी एस एन एल के लगे टावर की मरम्मत के बाद लोगों को अब मोबाईल नेटवर्क मिलने लगा है जिससे वे प्रसन्न हैं इधर राजकीय माध्यमिक विद्यालय ताली की प्रधानाध्यापिका सोंगिया यालम ने बताया कि विद्यालय में ब्नियादी स्विधाओं का विकास होने से शिक्षण कार्य में मदद मिल रही है गौरतलब है कि स्थानीय विद्याक जिक्के ताको विकास कार्यो की प्रगति का जायजा ले रहे है और संबंधित परियोजना एजेंसियों से कोरोना महामारी के कारण ठप पड़े कार्यों को जल्द श्रु करने को कहा है

केंद्रिय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने परीक्षा के सफल आयोजन और समय पर परिणाम की घोषणा के लिए संस्थान को बधाई दी है उन्होंने अपने कई ट्वीट में अपनी अपेक्षा के अनरूप रैंक पाने वाले सभी विद्यार्थियों को भी बधाई दी और उनसे आग्रह किया है कि वे भविष्य में आत्मनिर्भर भारत के लिए काम करें